उन्होंने आगे कहा अक्षय पात्र संस्था ने बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए गर्म और अच्छा भोजन देने की अनुकरणीय पहल की है यह राज्य का सबसे बड़ा एकीकृत रसोई घर होगा जिसका निर्माण अक्षय पात्र संस्था द्वारा एक निजी औद्योगिक संस्था के साथ भिलकर किया जा रहा है यह रसोई घर सरकारी स्कूलों के पचास हजार से अधिक बच्चे को मध्यान्ह भोजन प्रदान करेगा यहएकीकृत रसोई घर अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा बनाया जा रहा है

भूमिपूजन समारोह में अक्षय पात्र फाउंडेशन के चेयरमेन मध्यपंडित दास राज्य सरकार के मंत्री कमलेश्वर पटेल मौजूद रहे मोदी महिला दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि महिला दिवस के दिन वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स उन महिलाओं को समर्पित करेंगे जिनके जीवन और कार्यो ने लोगों को प्रेरणा दी है अपने ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इससे लाखों लोगों को प्रेरित करने में मदद मिलेगी

चनी गई प्रविष्टियों को प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रखा जाएगा जिससे उनके विचार और सोच को विश्व जान सके हाई स्कूल परीक्षा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल की वार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है

मंडल द्वारा नकल रोकने के लिए भी इस बार सख्त इंतजाम किये गये हैं सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि परीक्षा केन्द्रों पर मोबाइल फोन पूर्णतः प्रतिबंधित किये गये हैं हमारे मुरैना संवाददाता के अनुसार परीक्षा को शांतिपूर्वक कराने के लिए सोशल मीडिया पर सायबर सेल नजर रख रहा है और इसका दुरूपयोग करने वालों को चिन्हित कर कार्यवाई की जायेगी एक नकलची को पकड़ा गया

दतिया खंडवा बड़वानी भिंड मुरैना सहित सभी जिलों में चाकचौवंद व्यवस्थाओं के बीच हाई स्कूल परीक्षा शुरू हो गई

उन्होंने बताया कि लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सहायक प्राध्यापकों ग्रंथपालों और क्रीड़ा अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है अतः इसे अद्यतन करते हुए अगले चरण के लिये रिक्त पदों की गणना की गई है व्याख्यान पत्र सूचना कार्यालय और पब्लिक रिलेशन्स सोसायटी आफ इंडिया द्वारा आज भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में एक व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है इसमें वरिष्ठ महिला पत्रकार रूबी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की राह में चुनौतियां के विषय पर व्याख्यान देंगी वहीं भारतीय सूचना सेवा की अधिकारी पूजा पी वर्द्दन मीडिया क्षेत्र में महिलाएं विषय पर अपने विचार रखेंगी

शिवपूरी जिले में भू अभिलेख की खसरा प्रतिलिपियों का वितरण किसानों को किया जा रहा है